पलामू लोहरदगा गिरिडीह समेत छह जिलों में वज्रपात की घटना में दस लोगों की हुई मौत

यह संक्रमण राज्य में चार दशमलव छह आठ प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है जो राष्ट्रीय औसत तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत से अधिक है

राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या दो हजार तीन सौ इक्यावन है रोज नए मामलों के जुड़ने के साथ रिकवरी दर उनसठ दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान राजधानी रांची से चालीस जबकि हजारीबाग से उनचालीस रामगढ़ पाकुड़ और देवघर से बीस बीस धनबाद गिरिडीह और कोडरमा से छह छह पूर्वी सिंहभूम और गढ़वा से पांच पांच लोहरदगा से चार सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम से तीन तीन साहेबगंज जामताड़ा गोड्डा पलामू और चतरा से दो दो जबकि बोकारो और खूंटी से एक एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं

मुख्य सचिव ने दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति को क्वारटिन की अवधि पूरा किए बगैर बाहर नहीं निकलने का निर्देश दिया है श्री सिंह ने सभी उपायुक्तों से जिले के सीमा पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है इसके साथ ही लॉकडाउन की पाबंदियों का सख्ती से अनुपालन कराने का आदेश दिया है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

उच्च न्यायालय से संबंधित एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से कल भी उच्च न्यायालय में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ वहीं पूरे परिसर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया कल शुरू कर दी गई जो आज तक चलेगी एक न्यायाधीश के हाउस गार्ड के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उच्च न्यायालय के सभी कार्य को निलंबित कर दिया गया है हालांकि लॉकडाउन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही मामलों की सुनवाई की जा रही थी इससे पहले दाखिल होने वाली याचिकाओं के लंबित होने की वजह से आज तक के लिए याचिका दाखिल करने पर रोक लगाई गई है रांची जिला प्रशासन द्वारा कोरोना जागरूकता रथ के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जा रही है साथ ही मास्क का वितरण भी किया जा रहा है इसी के तहत कल अरगोड़ा चौक और बिरसा चौक पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया जिला जनसंपर्क इकाई रांची से पंजीकृत कला दल भारतीय लोक कल्याण संस्थान के कलाकार ने लोगों को संक्रमण से बचाव की जानकारी दी कोरोना का असर पलामू जिले के खादी एवं ग्रामोद्योग पर भी पड़ा है सूत कातने वाली महिलाएं घर पर बैठी हैं

तस्कर शहर के बिंड मोहल्ले का रहनेवाला है न्यायालय जाने से पूर्व तस्कर का सदर अस्पताल में ट्रनेट मशीन से कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था रिपोर्ट आने पर तस्कर के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई तस्कर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड केयर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है

रांची के सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में कल भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल गिरती बिजली व्यवस्था को लेकर झारखंड ऊर्जा संचार निगम के एमडी केके वर्मा से मिला सांसद ने कहा कि शहरी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है जिसमें सुधार की जरूरत है

राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान वजपात से दस लोगों की मौत हो गई मरने वालों में पलामू के तीन रांची के दो गिरिडीह के दो खूंटी लोहरदगा और धनबाद के एक एक लोग शामिल हैं इस घटना पर राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने दुख व्यक्त किया है वहीं दूसरी ओर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान घरों में रहने और पेड़ के नीचे खड़ा नहीं रहने की अपील की है

वहीं कॉमर्स में जमशेदपुर स्थित डीएवी बिष्ट्पुर के हार्दिक अग्रवाल स्टेट टॉपर बने

पलामू जिले के पांकी थाना स्थित नवडीहा गांव की भलही पहाड़ी स्थित एक खेत से चांदी के सिक्के मिले हैं

रक्षा बंधन को लेकर जमशेदपुर में विशेष तैयारी चल रही है शहरी क्षेत्र की महिलाएं सब्जी के बीज और बांस से देसी राखियां तैयार कर रही है

पुलिस ने कांड के नामजद आरोपित विधायक दुल्लू महतो के विरुद्ध छेड़खानी दुष्कर्म के प्रयास और धमकी की धारा में आरोप पत्र दायर किया है

पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज के डीआइजी सभी एसएसपी एसपी को नौ बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है आदेश दिया गया है कि वे नियमित निरीक्षण करें साथ ही ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके आदेश दिया गया है कि पांच साल से अधिक समय तक के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें क्योंकि पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है

अखबारों की सुर्खियां आज प्रकाशित होनेवाले लगभग सभी अखबारों ने सीबीएसई बारहवीं के रिजल्ट को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने लिखा है बेटियों ने मारी बाजी झारखंड का रिजल्ट सतासी प्रतिशत पिछली बार से पांच प्रतिशत बेहतर रहा रिजल्ट वहीं दैनिक जागरण ने दिव्यांशी और तुषार राष्ट्रीय टॉपर अंश हार्दिक और रिया राज्य में रहे अव्वल शीर्षक से खबर प्रकाशित की है दैनिक हिंदुस्तान और रांची एक्सप्रेस ने रांची में एक दिन में सर्वाधिक चालीस कोरोना मरीज मिलने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने कंटेनमेंट जोन में ज्यादा सख्ती और राज्य में अभी संपूर्ण लॉकडाउन के आसार नहीं की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सीबीएसई बारहवीं के रिजल्ट में लड़कियों के आगे रहने और मेरिट लिस्ट नहीं जारी करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है